टोंक के कर्फ्यग्रस्त इलाकों में कल पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की चौतरफा निंदा मामले में आठ लोगों को किया गया गिरफ्तार प्रदेष में कोरोना की जांच के लिए कल से रेपिड टेस्ट किटों का प्रयोग शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने कहा कि रैपिड टेस्ट करने वाला राजस्थान देष का पहला राज्य है

राज्य में ढाई लाख और किट जल्द पहुंच जाएंगी

इससे पॉजेटिव पाये जाने वाले मरीजों को तुरंत आइसोलेट किया जा सकेगा रेपिड टैस्ट का डेटा संधारित करने के लिए एक ऐप डेवलप किया गया है स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि पीसीआर टेस्टिंग भी लगातार जारी रहेगी

मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लंबे समय तक घरों में रहने और व्यवसाय बंद रहने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में जनता का मनोबल बनाए रखना जरूरी है उन्होंने कहा कि शिक्षाविदों समाजशास्त्रियों और विशेषज्ञों के सहयोग से लोगों को मोटिवेट करने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कल एक समीक्षा बैठक में श्री गहलोत ने कहा कि गर्मियों में प्रदेशभर में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कर लिया गया है

वीडियो कांफ्रेंस में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि कोरोना से निपटने में स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस की अच्छी भूमिका रही है प्रशासन इस बात का विशेष ध्यान रखे कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि लॉकडाउन के कारण मुर्गीपालन करने वाले लोगों को आ रही परेशानियों को दूर किया जाए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले गेहूं का रिकॉर्ड समय में उठाव और वितरण किया गया है

कोरोनो महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी

राज्य में लगभग सभी महिलाओं को गैस सिलेन्डर प्राप्त हो गए हैं और उनके खाते में पैसे भी जमा हो चुके हैं इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को जून तक तीन सिलेन्डर निःशुल्क दिये जाएँगे उज्ज्वला योजना में निःशुल्क सिलेन्डर मिलने से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं खुष हैं

टोंक के कपर्यूग्रस्त इलाकों में कल पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की चौतरफा निंदा हुई है उपमुख्यमंत्री सचिन पालयट ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी श्री पालयट ने कहा इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच के आदेष दिये गये हैं उन्होंने कहा कि ऐसे समय में सभी को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीष पुनिया ने हमला करने वालों पर एनएसए के तहत कार्यवाही की मांग की वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनिवाल ने भी घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त काठ्रवाही किये जाने की जरूरत बताई गौरतलब है कि कल टोंक के कफर्यूग्रस्त इलाके में सादी वर्दी में सेवायें दे रहे पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था जिसमें तीन पुलिसकर्मी घालय हो गये थे केन्द्र सरकार ने किसानों की फसल बेचने में सहायता करने के लिए कृषि रथ मोबाइल एप शुरू किया है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल इस एप का शुभारंभ किया कृषि रथ ऐप पर किसानों को माल की मात्रा का ब्यौरा देना होगा उसके बाद परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली नेटवर्क कंपनी द्वारा उस माल को पहुंचाने के लिए ट्रक और किराये का ब्यौरा दिया जायेगा एप पर किसान ट्रांसपोर्टरों के साथ बातचीत कर सकते है और उपज को मंडी तक पहुंचाने के लिए सौदे को अंतिम रूप दे सकते है इधर प्रदेश की मंडियों में कृषि उपज की आवक जारी है

श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संकमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

प्रदेश में कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव से हल्की बारिश हुई

वहीं हनुमानगढ जिले के लगभग सभी कस्बों में बारिश हुई तो कहीं आंधी आई